लोकसभा चुनाव के अंतिम और सातवें चरण के प्रचार अभियान में आई तेजी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता कर रहे हैं चुनावी सभाएं और रोड शो उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले का सद्भाव पूर्ण समाधान निकालने के लिए पन्द्रह अगस्त तक का और समय दिया कल सुबह उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा शुरू लोकसभा चुनाव के छठें चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो गया इस चरण में प्रदेश की चौदह लोकसभा सीटों के लिये कल बारह मई को वोट डाले जायेंगे छठें चरण का मतदान कल सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा इस चरण में लगभग दो करोड़ चौवन लाख मतदाता एक सौ सतहत्तर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदान के लिये सोलह हजार नौ सौ अट्ठानवे मतदान केन्द्र तथा उन्तीस हजार छिहत्तर मतदेय स्थल बनाये गये हैं पोलिंग पार्टियां मतदान वाले क्षेत्रों के लिये आज रवाना होगी और विवरण हमारे संवाददाता से इस चरण में जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं वे है सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अंबेडकर नगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीरनगर लालगंज आजमगढ़ जौनपुर मछली राहर और भदोही

सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं

यहां प्रमुख उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भाजपा नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री रीता बहगृणा जोशी भाजपा के जगदंबिका पाल और कांग्रेस नेता डॉक्टर संजय सिंह आकाशवाणी समाचार के लिए गाजीपुर से मैं मुल्तान सिंह यादव प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलवेंकटेश्वर लू ने बताया कि चुनाव आयोग ने मतदान की समी तैयारियां पूरी कर ली है छठें चरण के चुनाव के लिये सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार के अंतिम दिन कल अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सिद्धार्थनगर की ड्मरियागंज लोकसभा सीट के प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया कल ही गोरखपूर शहर के अभयनन्दन इंटर कॉलेज कैम्पियरगंज और पिपराइच में जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए श्री योगी ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की श्री योगी ने केन्द्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं गिनाकर मोदी सरकार को पुनः सत्ता में लाने का आहवान किया इस दौरान उन्होंने गठबंधन और कॉग्रेस की आलोचना की वहीं अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कल जौनपुर मछलीशहर और संतकबीर नगर में चुनावी जनसभाओं में शिरकत की जौनपुर में कल के मतदान के बारे में हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट जौनपुर और मछली शहर लोकसभा में मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं जिले में दो हजार तीन सौ बीस मतदान केन्द्र और तीन हजार चार सौ चौतीस मतदेय स्थल बनाए गये हैं लोलारक द्वे जौनपुर उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रयागराज में रोड शो करने के बाद बस्ती और संतकबीर नगर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया समाजवादी पार्टी की नेता और सांसद डिम्पल यादव और जया बच्चन ने भी प्रयागराज और फूलपुर में रोड शो कर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह ने प्रतापगढ़ लालगंज और आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो निकाला छठें चरण का प्रचार कल थमने के बाद सभी राजनीतिक दलों के नेता अब लोकसभा चुनाव के आखिरी सातवें चरण की सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों के लिये समर्थन जुटाने के लिये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देवरिया और बलिया में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी समाओं को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गाजीपुर और राईट्सगंज लोकसभा क्षेत्र में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर सलेमपुर बलिया एवं मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है लोकसभा चुनाव के आखिरी और सातवें चरण में प्रदेश की तेरह सीटों के लिये उन्नीस मई को वोट डाले जायेंगे इस चरण में एक सौ इकहत्तर उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं सबसे अधिक तीस उम्मीदवार वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं जबकि सबसे कम चार उम्मीदवार गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्र के हैं

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों पर आधारहीन आरोप लगा रही है मायावती कल लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत कर रही थी मायावती ने कहा कि गठबंधन पर जातिवादी होने का जो आरोप लगाया गया है वह बहुत ही हास्यास्पद और अपरिपक्व भी है उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद का सदभावपूर्ण समाधान निकालने के लिए गढित तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति को पन्द्रह अगस्त तक का और समय दिया है उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफूल्ला की अध्यक्षता वाली इस समिति ने मव्यस्थता की प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय मांगा था मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशो की संविधान पीठ कर रही है इसमें प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा न्यायाधीश एस ए बोबड़े डी वाई चन्द्रचूड अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट ने सम्बद्ध पक्षों को अगले महीने की तीस तारीख तक समिति के सामने अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने की अनुमति भी दे दी है उच्चतम न्यायालय द्वारा आठ मार्च को यह मामला मध्यस्थता के लिए सौंपे जाने के बाद कल पहली बार सुनवाई की गई शीर्ष न्यायालय ने समिति को मामले की सुनवाई बंद कमरे में करने और इसे आठ सप्ताह में पूरा करने को कहा था मध्यस्थता समिति के अन्य दो सदस्य हैं आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांच् कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय में कल कहा कि उन्होंने चौकीदार चोर है टिप्पणी गलत तरीके से शीर्ष अदालत के हवाले से कहने के मामले में बिना शर्त माफी मांग ली है इसलिये उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही बंद की जानी चाहिये प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही के लिये दायर याचिका पर दोनों फ्र्वों की दलीलों को सुना

उत्तराखण्ड में कल सुबह बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा शुरू हो गई है कड़ाके की ठंड के बावजूद कल बद्रीनाथ मंदिर में करीब दस हजार से अधिक श्रद्वालुओं ने पूजा अर्चना की ब्रह्म मुहुत में सुबह चार बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नर नारायण पर्वत के बीच स्थित मंदिर के कपाट खोले गए इस अवसर पर गढ़वाल राइफल के जवानों ने बैंड बाजों के जरिये वातावरण को भक्तिमय बना दिया